प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंततः न्याय हुआ

कहा आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी

निर्भया सामूहिक द्रष्कर्म मामले के चारों दोषी पवन गुप्ता विनय शर्मा अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह को आज सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई गौरतलब है कि दिसंबर दो हजार बारह में पैरा मेडिकल छात्रा निर्भया के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने द्वष्कर्म के बाद पीड़ित की हत्या कर दी थी इस मामले के दोषियों में से एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी और एक अन्य किशोर अभियुक्त को तीन साल तक बाल सुधार गृह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था निर्भया के माता पिता ने कहा कि यह सजा भविष्य में अपराधियों के लिए सबक बनेगी

मैं अपने न्याय व्यवस्था अपने राष्ट्रपति महामहिम को अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं अगर महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी आज का दिन निर्भया के लिये दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश के महिलाओं का दिन है न्याय का दिन है सुरक्षा का दिन है बहुत बड़ा दिन है निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के चारों दोषियों को फांसी दिये जाने पर प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अंततः न्याय हुआ एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह उन सभी के लिए संदेश है जो सोचते हैं कि महिलाओं के साथ अपराध करके वो कानून से भाग सकते हैं

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि निर्भया सामूहिक द्रष्कर्म मामले सहित ज्यादातर घृणित अपराधों में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए

अच्छा होता इसमें सात साल की देरी नहीं होती कई मामलों में जब न्याय प्रक्रिया का लोग दुरूपयोग करते है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार नोवल कोरोना वायरस पर हो रहे सभी तरह के अनुसंधान के सम्पर्क में है उन्होंने कहा कि कोरोना से संबंधित जांच किसकी की जाए इस बारे में स्पष्ट निर्देश और वैज्ञानिक सलाह मौजूद है

अभी हमारे देश में यह संक्रमण सामुदायिक स्तर पर नहीं फैला है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद समुदाय से लोगों की यह देखने के लिए जांच कर रहा है कि इसका संक्रमण सामुदायिक स्तर तक तो नहीं पहुंचा मैं पूरे विश्वास और प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि हम जो कोई भी या जिस किसी पर भी जांच कर रहे हैं पूरी वैज्ञानिक सलाह के साथ की जा रही है भारतीय चिकित्सा संघ के पूर्व महासचिव डॉ नरेन्द्र सैनी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए घर जाते ही कपड़े बदलना बहुत जरूरी है

जब हम घर जाते हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ आकर बिल्कुल लिपट जाते हैं

हमारी अपनी पुरानी सभ्यता नमस्ते करने की आदाब करने की बहुत बढ़िया है जिसमें हम दूर से कर सकते हैं

देश भर में कई स्थानों पर कोरोना वायरस संक्रमण के कई मामले सामने आये हैं इसके बाद कोविड नाईनटीन से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर एक सौ इक्यानवे हो गयी है इनमें बत्तीस लोग विदेशी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी से चार लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है इधर बिहार में कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों के उनासी नमूनों की जांच की गयी है जिसमें से सभी निकेटिव पाये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए रविवार बाईस मार्च को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की है प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए

इस जनता कर्फ़्यू को दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर ना निकले ना सडक पर जाये ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकहे हों अपने घरों में ही रहें

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की

यह सप्लाई कभी रोका नहीं जायेगा इसलिये मेरा सभी देशवासियों से यह आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ ना लगायें आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से खरीदारी करें पैनिक बाइंग यह कतई ठीक नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्यों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है श्री मोदी ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये संवाद किया इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात और बचाव के प्रयासों की समीक्षा की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

यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू को देखते हुए रोहतास जिले में रविवार को सासारा डिहरी और बिक्रमगंज से खुलने वाली बसों का परिचालन बंद रहेगा ट्रांसपोटरों के संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि उस दिन पटना रांची जमशेदपुर और बनारस जाने वाले यात्री बस नहीं चलेंगे मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी स्थित एक्सिस बैंक की एक शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े लगभग बीस लाख रुपये लूट लिये जानकारी के अनुसार हथियार बंद आधा दर्जन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया वारदात के दौरान अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर घायल कर दिया पुलिस मामले की जांच कर रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंततः न्याय हुआ

कहा आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी